योग दिवस का राज्यस्तरीय समारोह अजमेर में हुआ अन्य जिलों में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रमों में भी लोगो ने लिया उत्साह के साथ भाग

मुख्य समारोह झारखंड के रांची में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास किया जिनमें कई नामचीन व्यक्ति खिलाड़ी भी शामिल थे इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया गया है रबर मैट के स्थान पर खादी से बनी योग चटाई का प्रयोग किया गया इस वर्ष के आयोजन का विषय हृदय के लिए योग रखा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य देखभाल का एक मजबूत आधार बनाया जा सके

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग का महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया

इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास के कार्यक्रम किये गये अजमेर के पटेल मैदान में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया गया सुबह सात से आठ बजे तक प्रशिक्षित योग गुरूओं के निर्देशन में हजारों की संख्या में लोगों ने यहां योग अभ्यास किया हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डा रघ्र शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया डा रघ्र शर्मा ने प्रदेश की जनता से योग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आहवान किया

जबकि आयुष मंत्रालय द्वारा योग के लिये प्रोटोकॉल थीम क्लाईमेट एक्शन रखी गई है

जयपुर में सवाईमानसिंह स्टेडियम में जिलास्तरीय समारोह हुआ बाडमेर में आदर्श स्टेडियम में सैकंडो लोगों ने योगाभ्यास किया

इस बीच जालौर में रिमझिम बारिश के बीच लोगों ने योग अभ्यास किया हनुमानगढ़ जिले में भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किये गये

बच्चों ने स्केट्स पर चक्रासन पूर्ण भुजंगासन ताड़ासन पक्षी आसन पाद हस्तासन औरहलासन सहित कई योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया इस बार जिला प्रशासन कल से रोजाना निःशुल्क योग कक्षाएं भी शुरू करने जा रहा है ताकि योग की निरंतरता बनी रहे झालावाड डूंगरपुर दौसा अलवर बांसवाडा टोंक पाली बीकानेर और जैसलमेर सहित सभी जिलों में भी योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किये गये वस्तु और सेवा कर यानि जीएसटी परिषद की आज नई दिल्ली में बैठक होगी

इस बैठक में जीएसटी कानून में बदलाव के लिए एक मसौदा संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने की संभावना है जिससे जीएसटी के भुगतान के दौरान हुई गलतियों के बाद भी व्यापार करने की अनुमति होगी वहीं जीएसटी के देरी से भूगतान की स्थिति में केवल उसके नकद हिस्से पर ही ब्याज लागू होगा पंजाब से पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के आठ जिलों में आ रहे दूषित नहरी पानी की रोकथाम और इस समस्या के स्थाई समाधान का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिये हैं इस फोर्स में शामिल अधिकारी और विशेषज्ञ पंजाब तथा राजस्थान में जाकर पूरी समस्या का अध्ययन करेंगे राजस्थान और पंजाब के एक संयुक्त शिष्टमण्डल ने श्रीगंगानगर के सांसद निहालचंद मेघवाल और जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा की अगुवाई में कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत से मुलाकात की थी

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

प्रदेश के प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक विद्यार्थी सेवा केन्द्र खूलेगा जिसे डाईट में संचालित किया जायेगा इस केन्द्र के खूलने से विद्यार्थियों को बोर्ड से जूडे अपने काम के लिये अजमेर नहीं जाना पडेगा शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल सीकर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी